मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया

मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा में सुधार व गुणवत्ता लाने के लिए राज्य उच्च शिक्षा परिषद के गठन के अलावा विभिन्न विभागों में खाली पद भरने पर भी मोहर लगाई ऑपरेशन ग्रीन केंद्र सरकार ने वर्ष भर आल प्याज और टमाटर की कीमतों में स्थिरता लाने व उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन के परिचालन को मंजूरी दे दी है

आलू प्याज और टमाटर की कीमतों को स्थिर रखने के लिए इस वित्त वर्ष के बजट भाषण में पांच सौ करोड़ रूपए की लागत से ऑपरेशन ग्रीन शुरू करने की घोषणा की गई थी एडवाइजरी राज्य सरकार ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों को अधिक उंचाई वाले स्थानों में न जाने की एडवाईजरी जारी की है मुख्य सचिव बी के अग्रवाल ने अप्रत्याशित बर्फबारी के मद्देनजर लोगों को अधिक उंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है प्रदर्शनी कुल्लू के उपायुक्त यूनुस ने कहा है कि जिले में इस बार स्वच्छ और प्रदूषण रहित दिवाली मनाने के लिए एक विशेष पहल की गई है क्लीन एंड ग्रीन दिवाली अभियान के तहत ढालपुर चौक में कल दिव्यांग बच्चों और गरीब कारीगरों द्वारा बनाए गए दीयों मोमबतियों व अन्य सामान की प्रदर्शनी लगाई गई

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन की शुरूआत खिली धूप के साथ हुई है हालांकि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद से कड़ाके की ठंड पड़ रही है

उधर चंबा जिला के होली क्षेत्र में भारी बर्फबारी में फंसे तीन युवकों को कल भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर समाचार पत्रों ने आज प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है मानवाधिकार आयोग का पुनर्गठन निरस्त अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्तियां रद्द दिव्य हिमाचल के शब्द हैं जयराम कैबिनेट ने खोला पिटारा हिमाचल में नौकरियों की बहार दैनिक जागरण लिखता है सेहत के साथ रोजगार का ध्यान मुख्यमंत्री निरोग योजना को मंजूरी पंजाब केसरी का शीर्षक है राज्य मानवाधिकार आयोग निरस्त दैनिक भास्कर के अनुसार मुख्यमंत्री निरोगी योजना को मंजूरी स्थानीय लोगों के सभी टेस्ट होंगे फ्री

दैनिक सवेरा टाइम्स ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से खबर दी है सीमेंट दाम घटाने को हिमाचल सरकार गंभीर

दैनिक जागरण के अनुसार सीएमओ कार्यालय का वरिष्ठ सहायक रिश्वत लेते काबू बीस लाख तक कारोबार पर अब जीएसटी नहीं शीर्षक से अमर उजाला लिखता है राज्यपाल ने अध्यादेश को दी मंजूरी एक्ट लागू अब एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय योजनाओं का सच में लिखा है कि सरकार का उददेश्य लोगों का हित रहता है लेकिन अगर इसकी पूर्ति नहीं हो पाती है तो जनहित में चलाई गई योजनाओं व सरकारी कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है दिव्य हिमाचल अपने संपादकीय ग्रामीण पर्यटन की अनूठी पहल में लिखता है कि हिमाचल अपनी खूबियों को अगर सैलानियों के अनुभव की पराकाष्ठा बना दे तो विविध पहलुओं के समावेश से विशिष्टता अर्जित होगी

नमस्कार